मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज सीकर और टोंक से करेंगे लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज भाजपा भी कर रही है चुनावी अभियान की शुरूआत राज्य सभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को अदालत ने छह महीने की कैद और एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई

कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस बारे में अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस के प्रस्ताव पर चीन ने वीटो किया मसूद अजेहर को आतंकी घोषित किए जाने पर यह वीटो तकनीकी आधार पर लगाया गया है चीन ने कहा कि वह बिना सबूतों के ऐसी कार्यवाही के खिलाफ है भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के इस कदम पर अफसोंस करते हुए प्रस्ताव को समर्थन देने वाले देशों को धन्यवाद दिया है

राजस्थान इंटेलिजेंस पुलिस अब उसे जैसलमेर के उन स्थानों पर ले जाएगी जहां उसने बीएसएफ और सेना के फोटो खींचकर आईएसआई को खूफियां सूचनाएं भेजी थी

लोकतंत्र के चार अनुरोध नाम से लिखे ब्लॉग में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपना आवेदन ब्रथ स्तर के अधिकारी या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एन वी एस पी डॉट आई एन के माध्यम से या चुनाव कार्यालय में भी जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं उन्होंने लोगों से अपने परिवार मित्रों और सहयोगियों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है

वे कल जयपुर में कोर कमेटी की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उधर कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है

पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि आज मुख्यमंत्री सीकर के लक्ष्मणगढ़ और उप मुख्यमंत्री टोंक के निवाई में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे

यह बैठक आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए बुलायी गई है बैठक को निर्वाचन आयुक्त सुशील चन्द्र और अशोक लवासा संबोधित करेंगे

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक पद के लिये सिफारिशें और नियुक्ति के लिये सूची तैयार करने का काम पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होना चाहिए

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्द्वन राठौड़ ने कहा है कि सरकार ने युवाओं के भविष्य की बेहतरी के लिए कार्य किया है कल फ़लेरा के पास एक गांव में आयोजित कार्यक़म में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुआ है और देश का पैसा देश के विकास के लिए ही खर्च किया गया है

अदालत ने एक लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है

फैसले के बाद किरोडी लाल मीणा को अपील का समय देते हुए जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया

मामले पर कल न्यायाधीश बीना गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए फायरिंग के दोनों आरोपियों को सात सात साल कैद तथा हथियार सप्लायर शंकरसिंह को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई

विशिष्ट न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार ने बारह साल बाद मामले को निपटाते हये ये निर्णय दिया

इनकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग चार करोड़ रूपए है पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

खलासी और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है

इसी के साथ जन्नती दरवाजा अगले उर्स तक के लिए बंद हो जाएगा

इनके साथ ही प्रवेशिका और व्यावसायिक परीक्षाएं भी ली जा रही है